भारत बंद एससी एसटी अधिनियम में संशोधन के विरोध में आज बंद के आह्वान के बीच प्रदेश में कुछ छटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्वक और नियंत्रण में रहा अशोकनगर में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रेक पर रेल आवागमन को बाधित करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने शीघ्र ही स्थिति पर नियंत्रण पा लिया वहीं मुरैना में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच मामूली झड़प हुई उधर शहडोल में प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल प्रयोग किया गया कटनी में बंद के दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष कन्हैया तिवारी ने अपनी पार्टी भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया बंद को देखते हुए प्रे प्रदेश में सुरक्षा के कडे इंतजाम किये गये थे

राजधानी भोपाल में ज्यादातर बाजार बंद रहे सड़कों पर भी शांति बनी रही है राजधानी के सभी सीबीएसई स्कूलों में आज ऐहतियातन अवकाश घोषित कर दिया गया था हालांकि व्यावसायिक प्रतिष्ठान ज्यादातर स्वेच्छा से बंद रखे गए थे पेट्रोल पंप भी आज बंद रहे राजधानी भोपाल के किसी भी हिस्से से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली सागर विदिशा छिंदवाड़ा और सिवनी में स्वेच्छा से व्यापारियों ने बाजार बंद किये यहां भी प्रशासनिक अमला अतिरिक्त सुरक्षा बल के साथ सड़कों पर तैनात रहा बंद के प्रति संवेदनशील क्षेत्र भिंड ग्वालियर मुरैना और शिवपुरी में लगभग सभी बाजार बंद रहे सभी स्थानों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद थी तीनों ही क्षेत्रों में दो अप्रैल को हुए बंद के दौरान फैली हिंसा के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे अतिरिक्त सुरक्षा बल सड़कों पर तैनात रहा उधर प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले झाबुआ और अलीराजपुर में भी सवर्णो के बंद के दौरान सभी बाजार लगभग बंद रहे

सतना में भी बंद शांतिपूर्ण रहा स्कूलों में भी बच्चों की मौजूदगी बहुत कम देखी गई शिवपुरी में भी बाजार पेट्रोल पंप स्कूल सभी बंद रहे रायसेन में कई स्थानों पर लोग सड़कों पर एकत्रित हुए लेकिन तनाव जैसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई प्रदेश के हरदा और खंडवा में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा थी इसके मद्देनजर दोनों ही स्थानों पर बंद को देखते हुए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे ग्वालियर में भी शान्तिपूर्ण तरीके से बंद को समर्थन दिया गया वहीं जबलपुर बैतूल उमरिया अशोकनगर धार छतरपुर उज्जैन बीना सीहोर अनूपपुर बड़वानी सहित अन्य जिलों में भी शान्तिपूर्ण तरीके से बंद को समर्थन दिया गया मुख्यमंत्री प्रदेश में सवर्ण समाज के आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसी को अगर कोई समस्या है तो शांतिपूर्ण तरीके से बात रखे सभी की बात सुनी जाएगी और समाधान का प्रयास होगा श्री चौहान ने आज अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान खंडवा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह बात कही उन्होंने कहा कि हर समाज के गरीबों के लिए चाहे वह किसी भी वर्ग या समाज का हो उसे आगे लाना भी राजधर्म है श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया है सबको साथ लेकर चलना ही हमारा उद्वेश्य है

इस योजना के तहत अशोकनगर के दर अचंल के गांव मुख्य सडकों से जुड गए है जिससे वहां के रहवासियों का जीवन और सरल हो गया है जिले के पनिहाई गांव के युवा अब मुख्य सड़कों तक आसानी से आ जाते है वही एंबुलेंस भी गांव पहचंने लगी है

वही गांव के ही दूकान संचालक रामनारायण ने बताया है कि सड़क की वजह से लोग किसी भी वक्त दुकान पर समान लेने आ जाते है

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब टिवटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं

संविधान पीठ ने न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा शामिल हैं

मुख्यमंत्री ने छात्र सौरभ पर्टेल और छात्रा प्रीति मिश्रा को मौके पर ही मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना से लाभांवित किया

कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ क्वर विजय शाह भी मौजूद थे